उन्होंने कहा कि ऐसे सभी मामलों की सुचना पॉक्सो ई बॉक्स के जरिए दी जा सकती है एक आधिकारिक विज्ञप्ति के अनुसार महिला और बाल विकास मंत्रालय ने हाल ही में इस मुद्दे पर कानून मंत्रालय से सलाह ली थी मंत्रालय का विचार था कि पॅक्सो कानून दो हजार बारह में अपराध की शिकायत दर्ज करने के लिए कोई समय सीमा नहीं दी गई है बच्चों को यौन अपराधों से सुरक्षित रखने से संबंधित कानून पॉक्सो नवम्बर दो हजार बारह में लागू हुआ था यह कानून बालक और बालिका दोनों पर लागू होता है और इसके तहत बच्चों को यौन उत्पीड़न और शोषण से सुरक्षित रखने के कानूनी प्रावधान किए गए हैं इस कानून में अट्ठारह वर्ष से कम आय के किसी भी व्यक्ति को बच्चे के रूप में परिभाषित किया गया है और बच्चों को यौन उत्पीड़न यौन शोषण और अश्लील गतिविधियों से बचाने के प्रावधान शामिल हैं प्रदेश के संसदीय कार्य नगर विकास शहरी समग्र विकास तथा नगरीय रोजगार एव गरीबी उन्मूलन मंत्री सुरेश खन्ना ने आज गोरखपुर शहर की सफाई व्यवस्था का औचक निरीक्षण किया इस दौरान उन्होंने सफाई व्यवस्था संतोषजनक न होने पर एक सेनेटरी इंस्पेक्टर और जोनल आफिसर सुमित कुमार को निलंबित कर दिया उन्होंने वारिष्ठ नगर स्वास्थ्य अधिकारी अतुल कुमार के स्थनान्तरण के लिए पत्र मेजने का निर्देश भी दिया इसके साथ उन्होंने लापरवाही बरतने वाले सभी संबंधितों का एक सप्ताह का वेतन भी रोकने का निर्देश दिया है उन्होंने गोरखपुर के रामगढ़ताल परियोजना की प्रगति की समीक्षा के दौरान निर्देश दिये कि शत प्रतिशत कार्य समयान्तर्गत पूर्ण हो जाने चाहिए नगर विकास मंत्री ने पेयजल एव स्वच्छता पर विशेष जोर देते हुए कहा कि इक्कतीस अक्टूबर तक समस्त सड़कें गड्डामुक्त हो जानी चाहिए उन्होंने स्ट्रीट लाइट अतिक्रमण आदि कार्यों को बेहतर ढंग से सम्पादित कराने के भी निर्देश दिया

बैठक में उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिये कि टीकाकरण में नब्बे प्रतिशत पूर्ण प्रतिरक्षण के लक्ष्य पर गम्मीरता से कार्य किया जाये उन्होंने कहा गर्भवती महिलाओं और बच्चों का टीकाकरण केन्द्र सरकार के सर्वोच्च प्राथमिकता वाले कार्यक्रमों में है शारदीय नवरात्र की अष्टमी तिथि पर आज प्रदेश भर में मॉ भगवती के आठवें स्वरूप महागौरी की पूजा अर्चना की जा रही है प्रदेश भर के शक्तिपीठो और देवीमंदिरों में दर्शन पूजन के लिए श्रद्वालुओं की भारी भीड लगी है मिर्जापुर जिले में स्थित प्रसिद्व शक्तिपीठ विन्ध्याचलधाम में ब्रम्हमुहूर्त से ही श्रद्वालु माता के दर्शन पूजन कर रहे हैं मॉ विन्ध्यवासिनी देवी मंदिर की ओर जाने वाली सभी गलियों में भीड का भारी दबाव है विन्याचल का नवरात्र मेला आज अपने चरम पर है उधर बलरामपुर जिले में स्थित देवीपाटन शक्तिपीठ पर श्रद्वालुओं की भारी भीड़ लगी हुई है एक रिपोर्ट हमारे बलरामपुर प्रतिनिधि से जनपद बलरामपुर के तुलसीपुर नगर में स्थित देवीपाटन शक्तिपीठ पर आज अप्टमी तिथि को मॉ के दर्शन पूजन हेतु भारी संख्या में देश व प्रदेश के अलावा पड़ोसी देश नेपाल से भी श्रद्वाल पहुंच रहे हैं श्रद्वालयों की लम्बी कतारे लगी हुई हैं आज अष्टमी का श्रुम महत होने से मुण्डन अन्नप्रासन कर्णछिदन जैसे सामाजिक कर्मकाप्ड भी लोगों द्वारा सम्पन्न कराए जा रहे हैं रामकुमार मिश्र आकाशवाणी समाचार बलरामपुर सीतापुर जिले के नैमिषारण्य स्थित मॉ ललिता देवी मंदिर और वाराणसी के दुर्गाकुष्ड पर भी श्रद्वालुओं की लम्बी कतारे लगी हैं पूर्वी उत्तर प्रदेश में गोरखपुर जिले के ग्रामीण अंचल में स्थित तरकुलहा देवी मंदिर और महराजगंज जिले के आद्रवन स्थित लेहड़ा देवी मंदिर पर भी नवरात्र मेला अपने चरम पर है उधर दुर्गा पूजा महोत्सव भी जोरो पर है पाण्डालों में स्थापित मॉ दुर्गा की प्रतिमाओं के पट्ट कल खोल दिए जाने के बाद पाण्डालों में श्रद्वालुओं को भीड़ बढ़ गयी है विभिन्न पाण्डालों द्वारा भगवती जागरण सहित विकिय धार्मिक कार्यक्रम तथा अनुष्ठान किए जा रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेशवासियों को शारदीय नवरात्र तथा विजयादश्नमी पर्व की हार्दिक बघाई दी है उन्होंने प्रदेशवासियों से इन पर्वो को पारस्परिक सद्भाव और सौहार्द के वातावरण में मनाने की अपील की है